प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश के नागरिकों के हित प्रभावित नहीं होंगे विपक्षी दलों पर निधाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह पर देश को डर और अराजकता के माहौल में धकेलने की साजिश हो रही है प्रदर्शनकारियों को हिंसा न करने और विपक्षी दलों की ऐसी साजिश को नाकाम करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा पुतला जला लो लेकिन संपत्ति जलाने की जरूरत नहीं है और पुलिस जनता की दुश्मन नहीं है प्रधानमंत्री ने एनआरसी को लेकर स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने एनआरसी पर कोई फैसला नहीं लिया है अभी जो एनआरसी है वो सिर्फ असम के लिए हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि नागरिकता संशोधन कानून पर झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलिसवालों को अपनी ड्यूटी करते समय हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है उन्होंने सवाल किया कि जिन पुलिसवालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं उन्हें जख्मी करके क्या हासिल होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद तैंतीस हजार पुलिस कर्मियों ने शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए शहादत दी है

हरिद्वार के ऋषिकल मैदान में बजरंज दाल द्वारा इस फैसले के स्वागत में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया बजरंग दल के अध्यक्ष अनुज वालिया ने कहा कि देश की जनता सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हित में कार्य कर रही है इस फैसले से देश के किसी भी नागरिक को कोई समस्या नहीं होगी इस बीच हरिद्वार में सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात की गई है

जीएसटी परिषद जीएसटी परिषद ने वस्तु और सेवाकर दरों में बदलाव पर वार्षिक आधार पर विचार करने का फैसला किया है बिहार के उपमुख्यमंत्री और आईजीएसटी के लिए मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अब प्रत्येक बैठक में नहीं बल्कि वर्ष में एक बार दरों में बदलाव पर विचार किया जाएगा उन्होंने कहा कि जब तक राजस्व संग्रह में स्थिरता नहीं आ जाती जीएसटी दरों में परिवर्तन की संभावना नहीं है निकट भविष्य में दरों के स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद नहीं है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कल नई दिल्ली में प्रदान किये जायेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एक समारोह में ये पुरस्कार देंगे गुजराती फिल्म हिलेरो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा जाएगा

साथ ही नब्बे प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को भी टीके लग चुके हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत बारह खतरनाक बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं अपर जिलाधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल का कहना है कि मिशन इंद्रधनुष को लेकर हमने योजना बनाई और उसके आधार पर काम किया है अब तक के कार्यक्रम में हमने निर्धारित लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है केंद्र सरकार की इस प्रमुख योजना का का लक्ष्य दो साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीवी खसरा बेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है साथ ही लोगों को इंसेफेलाइटिस और इन्फ्लूएंजा से बचाव के टीके भी लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं होम स्टे रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ के दूरस्थ गांव सारी में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए शुरू की गई होम स्टे योजना का असर नजर आने लगा है होम स्टे योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में कई लोगों ने अपने आशियाने के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिये हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं इन होम स्टे में आने वाले पर्यटकों को न सिर्फ घर जैसा माहौल मिलता है बल्कि पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाने का भी मौका मिलता है दरअसल जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है देवरियाताल जो सारी गांव के नजदीक है ऐसे में पर्यटक रुकने के लिए सारी गांव को ही प्राथमिकता देते हैं एनएपीडीडीआर नैनीताल जिले में मादक पदार्थो के सेवन को रोकने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी जिसमें जिले के आला अधिकारियों के साथ ही सरकारी व निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य ड्रग्स काउन्सलर चिकित्सकों सेना के अधिकारी मौजूद रहे इस दौरान श्री बंसल ने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा नेशनल एक्सन प्लान फार ड्रग डिमांड रिडक्सन मादक द्रव्य एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु विशेष कार्य योजना बनाई गयी है

श्री बंसल ने कहा कि मादक पदार्थो के सेवन को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने कहा कि युवा पीढी का नशे की जद मे आना बहुत चिन्तनीय है जिसे देखते हुए नशा मुक्ति के संयुक्त प्रयास करने होंगें उन्होने आशा व्यक्त की कि संयुक्त प्रयास होने से इस सामाजिक बुराई को कम करने मे सफलता मिलेगी समाज कल्याण विभाग के निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि जल्द ही एनएपीडीआर के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स का गठन किया जाएगा शूटिंग प्रतियोगिता पौडी जिले में राइफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने किया तीन दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर से आए महिला और पुरूष निशानेबाज प्रतिभाग कर रहे है इस अवसर पर श्री गर्ब्याल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे क्रिसमस काग्रेस के नेता सूर्य कान्त धस्माना ने कहा है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता है देहरादून में क्रिसमस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अलग अलग पूजा पद्वतियां अलग अलग भाषा बोली अलग अलग खान पान और अलग अलग पहनावे के बावजूद भारतवासी एक है यही देश की ताकत है

जिसके तहत जनपद के सभी थाने और चौकियो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में चौपाल लगाकर ग्रामीणों और स्थानीय नागरिको को नशे से बचने साइबर अपराध मोटर वाहन अधिनियम के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान की पहल पर लोगों को इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढाओ कन्या भ्रूण हत्या सोशल मीडिया यातायात नियमों का पालन महिला एंव बच्चों के विरुद्ध लैगिंग अपराध एंव घरेलू हिंसा आदि विषय पर भी जागरूक करते हुए सम्बन्धित जानकारी के पुलिस फोल्डर और कैलेण्डर वितरित किये गये मौसम राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज भी मौसम साफ रहा राजधानी देहरादून समेत विभिन्न स्थानों पर दिन में खिली धूप हुयी